मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी धलेट जंदोड़ी सड़क और बेहरड़ा सोलर पावर प्लांट का उदघाटन भी किया जुखाला और बस्सी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने क्षेत्र में करोड़ों रूपए की विकास योजनाएं शुरू करने की घोषणा की जयराम ठाकुर ने कहा कि चारों लोकसभा क्षेत्रों में सांसदों ने बेहतर कार्य किया है और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए टिकट आबंटन का अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी उर्जा मंत्री अनिल शर्मा और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा भी इस मौके मौजूद रहे महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज मण्डी जिले में धर्मपुर क्षेत्र की अनेक पंचायतों में लोगों की समस्याएं सुनीं उन्होंने कहा कि युवाओं को सैनिक बलों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकाघाट में आर्मी कोचिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है

विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले में सुलह क्षेत्र के अक्षैणा में जन सुनवाई की और अधिकांश शिकायतों का मौके पर निपटारा किया

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के कार्यकाल में गरीब व कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य हए हैं विपिन परमार ने कहा कि राज्य सरकार ने भी विकास योजनाओं का लाभ सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज कांगड़ा जिले में शाहपुर क्षेत्र के नागनपटट में स्वास्थ्य केन्द्र का शुभारम्भ किया

सरवीण चौधरी ने कहा कि शाहपुर अस्पताल को स्तरोन्नत कर एक सौ बिस्तरों का कर दिया गया है

वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि बाद में इस अस्पताल को एक सौ बिस्तरों का बनाया जाएगा

बरागटा ने कहा कि जनता के बीच जाकर कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लिया जाएगा और जन शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी शिमला भाजपा भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम के तहत शिमला जिला भाजपा ने आज शोधी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें आम लोगों से सुझाव लिए गए

उन्होंने बताया कि आम लोगों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी दृष्टि पत्र बनाएगी विरोध पुलवामा आतंकी हमले के विरोध में सोलन शहर की सभी दुकानें आज दोपहर तक बंद रही व्यापार मण्डल के सदस्यों ने आतंकी हमले के विरोध में आक्रोश रैली निकाली और सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की